ग्वालियर में डिजीटल संग्रहालय शुरू हुआ सैलानी कला और धरोहर को डिजीटल मोड पर देख सकेंगे

पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रि स्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं तैयारियों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डीवी सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं खण्डवा में नगरीय निकाय एवं त्रि स्तरीय पंचायत चूनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिये स्थानीय निर्वाचन विषय पर वाद विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता युवा संवाद कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक रैली सहित कई कार्यक्रमो आयोजित किये जाएंगे

डिजिटल संग्रहालय ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा महाराज बाड़े के पास स्काउट एंड गाइड के परिसर में बनाए गए डिजिटल संग्रहालय आज से आम सैलानियों के लिए खोल दिया गया है इसमें पहुंचने वाले सैलानी ग्वालियर और आसपास की धरोहर व कलाओं को डिजिटल मोड पर देख सकेंगे संग्रहालय में ग्वालियर की स्थापत्य शैली वस्तु परिधान जीवनशैली वाद्य यंत्र आभूषण हस्तशिल्प सांस्कृतिक परंपरा चित्रकारी सहित कई सुविधाओं को डिजिटल फार्म में प्रदर्शित किया जा रहा है शुरूआत में कुछ दिनों तक संग्रहालय देखना निःशुल्क रहेगा

शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी के बाद के विश्व में सूचना टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के प्रभाव पर चर्चा होगी इस सम्मेलन में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कई जानीमानी अंतरराष्ट्रीय हस्तियां तकनीकी विशेषज्ञ शिक्षाविद नीति निर्माता और निवेशक हिस्सा लेंगे दिल्ली आतंकवादी दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादियों को पकड़ कर राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है इन दोनों आतंकवादियों को कल रात सराय कालेखां के पास मिलेनियम पार्क से गिरफ्तार किया गया दोनों आतंकवादी जम्मू कश्मीर के हैं और इनके कब्जे से दो सेमी आटोमैटिक पिस्तौल और दस जिंदा कारतूस बरामद किए गए प्रधान ओएएलपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बाजार के अनुकूल नीति है जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ला रही है

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी से लाल फीताशाही खत्म हुई है और अन्वेषण तथा उत्पादन क्षेत्र की गतिविधियों में जबरदस्त उछाल आया है श्री प्रधान ने कम्पनियों से तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में तेजी लाने के लिए नए बिजनेस मॉडल अपनाने पर भी जोर दिया

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स महामारी के वैश्विक प्रकोप के दौरान भी अपनी पूरी रफ्तार से कार्य करता रहा है शिखर सम्मेलन में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बनेगा ब्रिक्स के गठन के बाद यह तीसरा अवसर है जब भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है

जन आंदोलन बालाघाट जिले के लामटा ग्राम के रहने वाले लोकगीत गायक बृजलाल टेकाम भी प्रधानमंत्री द्वारा श्रू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता कर रहे हैं उन्होंने दो गज की दूरी रखने समय समय पर हाथ धोने और लोगों से मास्क पहनने की अपील की है

दो की तलाश जारी है एक लड़की सुरक्षित बचा ली गई

उधर सीधी जिले के सिहावल विकास खण्ड के लदबद गांव में फूड प्वाइजनिंग से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जबकि सात लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने का मामला प्रकाश में आया है

प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है

रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह सतर्कता और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास बरकरार रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास पहले की तरह ही वित्त स्वास्थ्य कृषि राजस्व और भूमि सुधार जैसे प्रमुख विभाग हैं

मौसम प्रदेश कें मौसम में हर दिन बदलाव महसूस हो रहा है पिछले दो तीन दिनों से दिन में धूप की हल्की तपन से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोम और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी की वजह से प्रदेश में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं नमी के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है

मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही शहर में धूंध छा गई देर सुबह तक छाई धूंध के कारण सडकों पर आवागमन भी कम रहा

जिससे सर्दी बढ़ गई

इस रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रों और राज्यों के बीच करों के बँटवारे के अनुपात का उल्लेख है

एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है